प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको श्रद्वांजलिअर्पित की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनसे संबंधित एक वीडियो साझा किया

प्रधान न्यायाधीशदीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकोंको अपने उम्मीदवार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनीतिक दलों कोअपने उम्मीदवारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय होने के बादउन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सर्वसम्मतिसे फैसला सुनाया और कहा कि संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधी राजनीति मेंन आने पाएं न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्तिइंद् मल्होत्रा की खंडपीठ ने भी विधायिका से राजनीति में अपराधिकरण को रोकने के लिएकानून बनाने पर विचार करने को कहा था सांसदों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वकालत करने परप्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया न्यायालयने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम इन्हें वकालत करने से नहीं रोकते

श्री शाह जयपुर के पास धानक्या गांव में राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पंडित दीनदयाल स्मारक का उद्घाटन करेंगे वे धानक्या में ही बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे

जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के गर्वनर हियु वान ली एसी केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलात मंत्री हरदीप सिंह पूरी नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे श्री नायड् होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज नौवें दिन भी प्रदेश में रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच आज भी किसी प्रकार की वार्ता शुरू नहीं हो पायी